आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों अध्यापकों और अभिभावकों से बातचीत कर रहे थे

सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है उसी प्रकार से कोई एक एक्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है वो एक पड़ाव है सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए जिस दिन मां बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो भई कुछ नहीं ये जो मूड बना देते हो मेहरबानी करके ऐसा मत करो परीक्षा पे चर्चा के तीसरे चरण के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि समय के सुदपयोग के लिए टेक्नोलॉजी को नियंत्रित रखना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा के दौरान पढ़ाई के अलावा अन्य कारणों से भी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं प्रधानमंत्री ने पठन पाठन के अलावा अन्य गतिविधियों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां में भाग नहीं लेने से व्यक्ति रोबोट की तरह हो जाता है उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य नई चीजें सीखने का केवल एक तरीका है और विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए

दूसरी बार करेंगे ये मिजाज तो विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए और विद्यार्थी काल का विषय नहीं है

विद्यार्थी ऐसा नहीं है जीवनभर भीतर के विद्यार्थी को जीवित रखना चाहिए जिंदगी जीने का यहीं उत्तम मार्ग है

एक सवाल के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि विफलता में भी सफलता का रास्ता ढूंढा जा सकता है प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा एग्जाम वॉरियर पुस्तक पढ़ने को कहा जिससे उन्हें सभी सवालों का हल ढूंढने में मदद मिलेगी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से बीस विद्यार्थी भी दिल्ली पहुंचे थे इनमें दुर्ग जिले की जोया परवीन भी शामिल थीं आकाशवाणी के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सुझाव को वे अमल में जरूर लाएंगी

दुर्ग जिले के करीब साढ़े तीन सौ स्कूलों के बच्चों ने इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को देखा बजट तैयारी वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के केन्द्रीय बजट की छपाई परम्परागत हलवा समारोह के साथ आज शुरू हो गई नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में यह समारोह हुआ केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे केन्द्रीय बजट पहली फरवरी को संसद में पेश किया जायेगा वहीं आर्थिक सर्वेक्षण इकतीस जनवरी को सदन के समक्ष रखा जायेगा इस बीच छत्तीसगढ़ में भी नए वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में मंत्रियों और अधिकारियों की एक बैठक लेकर बजट की तैयारियों के संबंध में चर्चा की शुरुआत की इस बैठक में कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे से सम्बद्ध विभागों के नए बजट से संबंधित प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया भाजपा नए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को आज सर्व सम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया इससे पहले नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई इस दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है वहीं भाजपा की प्रदेश इकाई के साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर श्री नड्डा को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी और नई ऊंचाईयों तक पहुंचेगी सीएए रैली प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के समर्थन में बाईस जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की रायपुर जिला इकाई द्वारा रैली और महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा इसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे इससे पहले आज जांजगीर चांपा जिले में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक रैली निकाली गई सांसद गुहाराम अजगले और विधायक नारायण चन्देल के नेतृत्व में यह रैली नैला से शुरू होकर कचहरी चौक में संपन्न हुई आईएएस तबादला राज्य सरकार ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के बाईस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किए हैं आईएएस आलोक शुक्ला को स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव बनाने के साथ साथ उन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल और व्यावसायिक परीक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है वहीं गौरव द्विवेदी अब आबकारी और वाणिज्य सचिव होंगे उनके अन्य विभाग यथावत् रहेंगे सिद्वार्थ कोमल परदेशी को पीडब्ल्यूडी के साथ साथ रोड विकास निगम का महाप्रबंधक बनाया गया है इसके अलावा एके टोप्पो को समाज कल्याण के सचिव पद से मुक्त करते हुए बिलासपुर रेवन्यू बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है संगीता पी को वाणिज्यकर विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है वहीं रमेश कुमार शर्मा वाणिज्य कर आयुक्त बनाए गए हैं हाईकोर्ट झीरम घाटी झीरम घाटी हमले के मामले में पुनः सुनवाई करने और गवाही लिए जाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने इस संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था इसके बाद सरकार की तरफ से डिवीजन बेंच में पुनर्याचिका दायर की गई थी पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण अंचलों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं पंचायत चुनाव के तहत प्रदेश में तीन चरणों अट्ठाईस और इकतीस जनवरी तथा तीन फरवरी को वोट डाले जाएंगे बालोद जिले की बात करें तो यहां पांच विकासखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में तीन चरणों में मतदान होगा इस चुनाव में मतदाता जिला पंचायत के चौदह और पांच जनपद पंचायतों के लिए निन्यानवे सदस्य चुनेंगे

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम गश्त पर निकली हुई थी इसी दौरान बासागुड़ा थाना क्षेत्र के टेकलुगुड़म के जंगलों में सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई घटनास्थल से माओवादी के शव के अलावा तीन देशी हथियार भी बरामद किए गए हैं उधर दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान घायल हो गया है जिसे इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है पुलिस सेमिनार राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में माओवादी विरोधी अभियान की भावी रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया इसमें पुलिस महानिरीक्षक विवेकानन्द सिन्हा और उप पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में रायपुर नगर निगम में मेयर इन काउंसिल एमआईसी का गठन कर लिया गया है महापौर एजाज ढेबर ने एमआईसी में चौदह पार्षदों को शामिल किया है